प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र तीन तलाक कानून को लागू करने से पीछे नहीं हटेगा कल पश्चिम बंगाल के माइनागुड़ी में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक न्याय के लिए वचनबद्व है इस विषय पर कांग्रेस क रुख की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह न केवल संसद में कानून बनाने के रास्ते में रूकावट खड़ी कर रही है बल्कि यह भी कह रही है कि वह सत्ता में आने पर इस कानून को वापस ले लेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्रों से गोवंश के मूत्र एवं गोबर के बेहतर इस्तेमाल के लिये सस्ती तकनीक खोजने की अपील की है बीएचयू की आईआईटी स्थापना के शताब्दी समारोह और वैश्विक पुरातन छात्र समागम का आज उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने छात्रों और शिक्षकों से सहयोग की अपील की इसके पहले श्री योगी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वाराणसी में आगमन की तैयारियों का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज झांसी भोजला मंडी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन से पहले की जा रही तैयारियों का जायजा लिया इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चित्रकूट और झांसी मंडल के विकास काया और कानून व्यवस्था की समीक्षा की

उन्होंने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये स्वयं निरीक्षण करने का निर्देश दिया श्री योगी ने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी को विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए और कोई भी इससे वंचित न रहे प्रधानमंत्री आगामी पन्द्रह फरवरी को बुन्देलखंड के दौरे पर रहेंगे इस मौके पर झांसी में श्री मोदी डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे

यह जानकारी अक्षयपात्र संस्था के स्वामी अनन्तदास ने दी

मृतकों की संख्या बढ़ने को आशंका है क्योंकि दो दर्जन से अधिक लाग जहरीली शराब पीने के बाद अस्पतालों में मौत से जूझ रहे हैं प्रदेश सरकार ने सहारनपुर और कुशीनगर जिलों के आबकारी अधिकारिया को निलम्बित कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर राज्य भर में कल रात अवैध शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया गया और कइ लोगों को गिरफ्तार किया गया हैं

इस मामले के आरोपियों पर कार्रवाई के बारे में उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तीस लोगों को प्रछताछ के लिए हिरासत में लिया है राज्य सरकार ने सहारनपुर और क़शीनगर के जिला आबकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर शराब का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कल रात से ही प्रदेश भर में आबकारी और पुलिस विभाग का संयुक्त अभियान छेड़ दिया गया है और कई लोगों को गिरफ्त में लिया गया है

उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी

प्रदेश सरकार ने पहले ही इस मामले में चौदह पुलिस कर्मियों को निलम्बित कर दिया है जिनमें एक थानाध्यक्ष एक इंस्पेक्टर और तीन सब इंस्पेक्टर शामिल है इसके अलावा आबकारी विभाग के भी सात कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है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

लखीमपुर में छह सौ सतहत्तर जोड़ों का पारम्परिक विधि से विवाह सम्पन्न कराया गया कौशाम्बी जिले में पांच सौ एक जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया कानपुर देहात की अकबरपुर तहसील में दो सौ इक्यावन जोड़े परिणय सूत्र में बंधे

बलरामपुर में दो सौ जोड़ों का विवाह रीति रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ पीलीभीत में आयोजित समारोह में एक सौ इक्यावन जोड़े विवाह बंधन में बंधे इसी तरह हरदोई में एक सौ अस्सी जोड़े विवाह सूत्र में बंधे जिनमें बीस जोड़े अल्पसंख्यक समुदाय के थे वहीं हमीरपुर में एक सौ पचास जोड़े एक दूज के हुए तो महोबा में कुल बान्नवे विवाह सम्पन्न हुए संभल में एक सौ अठ्हत्तर जोड़े हिन्दू धर्म से और तेरह जोड़े मुस्लिम धर्म से तथा चार जोड़े बौद्ध धर्म से विवाह सूत्र में बंधे कुशीनगर आजमगढ़ बलिया बहराइच मऊ सहित कई जनपदों से सामूहिक विवाह आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं इस योजना में कन्या पक्ष को एक मुश्त पैंतीस हजार रूपये और दस हजार रूपये के आभूषण कन्या को दिये जाते हैं इसके अलावा छह हजार रूपये अन्य मदों में व्यय किये जाते हैं इस मौके पर आयोजित समारोहों में विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के लोगों ने स्वेच्छा से योगदान किया प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा स्थानीय निकाय और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में शिरकत की कुंभ मेला प्रशासन ने कल वसंत पंचमी पर होने वाले शाही स्नान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं के शामिल होने की संभावना है एक रिपोर्ट पिछले स्नान पर आई भारी भीड़ से सबक लेते हुए मेला प्रशासन ने इस बार यातायात प्रबंधन योजना को सख्त कर दिया है और मेला क्षेत्र में किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई

किसी भी स्थिति से निपटने के लिये जलपुलिस और गोताखोरों को अलर्ट पर रखा गया है प्रयागराज प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थाओं को सोमवार तक बंद रखने के निर्देश दिये है

मेला प्रशासन ने मीडिया को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत संगम पर स्नान करने वाली महिलाओं की तस्वीर नहीं लेने और प्रकाशित न करने के लिये कहा है

श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से लगभग डेढ़ करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं नोएडा में कल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के प्रति गम्भीर है श्री गंगवार ने कहा कि हाल के बजट में रिक्शाचालक छोटे दुकानदार और ग्रामीण श्रमिक जैसे असंगठित क्षेत्र के लिये मेगा पेंशन योजना शुरू की गई है श्रम मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के लगभग तीन करोड़ श्रमिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिल रहा है